उन्होंने कहा है कि यह अधिकारी सम्बन्धित जिले के गो आश्रय स्थलों की व्यवस्था को भी देखें और विरोष वरासत अभियान के कार्यों का अनुश्रवण करें उन्होंने नोडल अधिकारियों को किसानों से संवाद करने के निर्देश भी दिये हैं मुख्यमंत्री आज लखनऊ के लोकभवन में एक उच्चस्तरीय बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यो की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वह जिला स्तर पर विद्यत आपूर्ति व्यवस्था तथा किसानों को उपलब्ध करायी जा रही सिंचाई सुविधा की भी समीक्षा करें और आगामी उन्तीस दिसम्बर तक अपने भ्रमण कार्यक्रम की रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराये उन्हॉने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना तथा मुख्यमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत कराये जा रहे आवास निर्माण के कार्य में तेजी लायी जाए और लक्ष्य के अनुरूप आवासों का निर्माण सनिश्चित कराया जाय उन्होंने बताया कि चौबीस से छब्बीस जनवरी तक उत्तर प्रदेश दिवस का आयोजन किया जायेगा यह आयोजन अन्तर्विमागीय समन्वय के साथ कराया जायेगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड नाइन्टीन के नये स्वरूप के मददेनजर पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिये हैं उन्हॉने कहा है कि यनाइटेड किंगडम और फ्रांस सहित अन्य देशो में जहां कोविड नाइन्टीन के नये स्वरूप के रोगी चिन्हित हये हैं वहां से प्रदेश में आने वाले लोगों को क्वारंटीन कर के उनकी जांच की जाय उन्होंने टीम गठित कर फोकस्ड कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग किये जाने का निर्देश दिया है मुख्यमंत्री आज लखनऊ के लोकभवन में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि नोडल अविकारी सम्बन्धित जिले का भ्रमण करें और वहां कोविड नाइन्टीन के नियंत्रण के सम्बन्ध में की जा रही कार्यवाही की मॉनिटरिंग करें उन्होंने नोडल अधिकारियों को इस सम्बन्ध में आगामी उन्तीस दिसम्बर तक अपनी रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं बैठक में मुख्य सचिव आरके तिवारी सहित प्रदेश के विभिन्न विभागों के उच्चाधिकारी मौजूद रहे

स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि पिछले चौबीस घंटों के दौरान बाईस हजार दो सौ मरीज स्वस्थ हए अब तक सत्तानवे लाख चालिस हजार से अधिक मरीज स्वस्थ हए हैं पिछले चौबीस घंटे के दौरान बाईस हजार दो सौ लोगों में संक्रमण की पृष्टि हई संक्रमित लोगों की कृल संख्या एक करोड एक लाख उनहत्तर हजार से अधिक हो गई है पिछले चौबीस घंटे में संक्रमण से दो सौ इक्यावन लोगों की मौत हई है इसके साथ ही मृतकों की संख्या एक लाख सैंतालिस हजार तीन सौ तिरालिस हो गई है देश में इस समय दो लाख इक्यासी हजार छ सौ सडसठ मरीजों का इलाज चल रहा है प्रदेश सरकार ने राज्य के लोगों से अपील की है कि कोरोना संक्रमण का प्रकोप भले ही कम हो रहा हो लेकिन फिर भी सतर्क रहने की जरूरत है कन्टेनमेंट क्षेत्रों और अधिक संक्रमण वाले इलाके में रोगियों की संख्या घटी है हमारे संवाददाता ने बताया कि राज्य सरकार प्रतिदिन लगभग एक लाख सत्तर हजार लोगों की कोविड जांच करा रही है

उत्तर प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है जहां सबसे अधिक कोरोना संक्रमण की जांच की गयी है और इतनी बड़ी संख्या में लोगों से सम्पर्क किया गया है

पत्र सुचना कार्यालय उन सभी पत्रकारों की जानकारी एकत्र कर रहा है जिनकी मृत्य कोविड के कारण हई इसका उद्देश्य ऐसे पत्रकारों के परिजनों को सहायता पहुंचाना है पत्र सुचना कार्यालय ने ऐसे पत्रकारों के परिजनों को एक निर्वारित प्रारूप में विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा है जो इसकी वेबसाइट पर उपलब्ध है

एक घायल व्यक्ति को इलाज के लिये अलीगढ़ भेजा गया है